आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव संजीवा कुमार ने बताया कि एक सौ सतर लोग अस्पतालों में दाखिल हैं और तैंतीस हजार पांच सौ निन्यानबे रोगियों पर निगरानी रखी जा रही है यात्रियों द्वारा स्वघोषणा फार्म और यात्रा विवरण न भरे जाने पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है उन्होंन बताया कि देश में अभी तक कोरोना वायरस से किसी की मृत्यु होने की खबर नहीं है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे लोगों से नये विचारों के साथ आगे आने को कहा है ताकि देश में जन स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जा सके

उन्होंने देवघर उपायुक्त और झारखण्ड पुलिस को जसीडीह के घोरलास गांव में हो रहे विस्फोट पर निगरानी रखते हुए ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने को कहा है वहीं श्री सोरेन ने धनबाद के उपायुक्त को उभरते हुए वैज्ञानिक मोहम्मद रियासल अली को सहायकता देने का निर्देष दिया मुख्यमंत्री ने सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त को आसनबनी पंचायत के दो गांवों में फ्लाई एष डस्ट की डंपिंग से ग्रामीणों को हो रही परेषानी से मुक्त करने और मामले की जांच करने का निर्देष दिया है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और राज्य को कपोषण मुक्त बनाने का संकल्प व्यक्त किया है पूरे अभियान के दौरान सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में अनीमिया जांच कैंप का आयोजन किया जाएगा वहीं बच्चों का टीकाकरण भी किया जाएगा इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में कल पोषण पखवाड़ा की शुरूआत करते हुए उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया वहीं हजारीबाग में पोषण रथ को रवाना किया गया रथ जिले के विभिन्न प्रखण्डों में घूमकर लोगों को पोषण से संबंधित जानकारी देगी इधर लोहरदगा जिले में भी पोषण पखवाड़ा की शुरूआत की गयी वहीं सिमडेगा जिले में भी पोषण पखवाडा के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी

उन्होंने यह बातें पश्चिम सिंहभूम जिले की कई पेयजलापूर्ति योजनाओं का निरीक्षण करने के बाद कही

विधानसभा सत्र के दौरान बाब्लाल मरांडी के मुद्दे पर विधानसभा की कार्यवाही में हए गतिरोध को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कहा कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में बहत तरह के संकट उत्पन्न होता है जामताड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस तरह के संकट देश की अन्य विधानसभा में हुए हैं उनका समाधान हुआ है यहां भी कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ था जिसका समाधान किया गया है

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बताया है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनायें चला रही है मंत्रालय के अनुसार गरीब नवाज स्वरोजगार योजना सीखो और कमाओ योजना तथा नई मंजिल योजना के तहत चार लाख से ज्यादा महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज होलिका दहन के मौके पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दीं उन्होंने लोगों से होलिका दहन के साथ घृणा अंहकार और अपनी बुराईयों को छोड़ सामाजिक सदभाव और भाईचारे को आत्मसात करने के लिए अपील की

होली की तैयारियों को लेकर राज्यभर में लोगों के बीच खासा उत्साह है खूंटी जिले में भी रंग और गुलाल से बाजार सज चुका है

गिरिडीह में होली के दिन शराब की बिकी पर रोक लगा दी गई है

रामगढ़ जिले में विधायक ममता देवी के नेतृत्व में होली मिलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ

जबकि टाटा बॉक्सिंग सेंटर ने यूथ श्रेणी पुरुष और महिला में टीम चौंपियनशिप पुरस्कार जीता

मौसम विज्ञान विभाग ने कल होली के दिन बारिष का पूर्वानुमान लगाया है मौसम विभाग ने इस संबंघ में येलो अलर्ट जारी किया है